मुख्यमंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तीन हजार तीन सौ चौसठ करोड़ नब्बे लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया और कहा कि जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की जायेगा हरियाणा के बजट मे बागवानी के तहत क्षेत्रों को दो हजार तीस तक द्गना और बागवानी उत्पादन को तिग्रणा करने का लक्ष्य पेश किया गया नये किसान उत्पादक संगठन बनाये जायेंगे सता पक्ष ने बजट को बेहतरीन बजट बताया तो विपक्ष ने बजट की आलोचना की

मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा कि यदि हरियाणा राजकोषीय अन्शासन तथा सुधारों के मार्ग पर इसी तरह चलता रहा तो प्रधानमंत्री के भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा कर पांच ट्रिलियन डालर करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा की अत्यंत विलक्षण एवं प्रभावी योगदान होगा

उनहोंने कहा कि सरकार राजस्व घाटे को कम करने में भी सफल रही है

उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की रूपरेखा के अन्सार शीघ्र ही समाधान से विकास योजना लायी जायेगी मुख्यमंत्री ने ग्राम आयोजना विभाग के लिए पन्द्रह सौ इकसठ करोड़ अस्सी लाख रूपये आवंटित करने की घोषणा भी की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए आठ हजार सात सौ सतर अठारह लाख रूपये और अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए पांच सौ उन्नीस करोड़ चौंतीस लाख रूपये आवंटित किये जाने की जानकारी देने के साथ मुख्यमंत्री ने अन्त्योदय को लेकर भी घोषणायें की

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गो के पांच हजार मेघावी छात्रों को भी प्रदेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग हेतु वितीय सहायता दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि हरियाणा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है

हरियाणा के नये वितीय बजट अनुमानों में कृषि और किसान के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने वित्तमंत्री के तौर पर कई कई घोषणायें की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र ही एक कानूनी ढांच तैयार किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुदा स्वास्थ्य कार्ड मे दी गई सिफारिश के अनुसार जिन किसानों द्वारा फसल की बिजाई की जायेगी उन्हें पचास रूपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जायेगी राज्य में खेल में फसल अवशेषों केप्रबधन करने वाले किसानों को सौ रूपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की गई इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत कृषि विकास के लिए जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील किसानों से विस्तृत चर्चा के बाद एक कार्ययोजनातैयार की जायगा आगामी तीन वर्ष में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जायेगा

हरियाणा की सभी सभी सबजी मंडियों में महिला किसानों के लिए अलग से दस फीसदी स्थान आरक्षित किये जाने और किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बावन गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है जो प्रति एकड़ साठ हजार रूपये तक का और अधिकतम तीन लाख रूपये तक का ऋण लेते है बजट में किसानों द्वारा एक दसूरे के कृषि उपकरणों के उपयोग की सुविधा के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा मोबाइल एप्प बनाई जायेगी फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दुसरे स्थान पर प्रबंधन के लिए प्रभावित जिलों के हर ब्लाक में पराली खरीद केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के लिए नया वर्ग बनाकर साढ़े सात रूपये प्रति यूनिट की बजाय चार रूपये पचहतर पैसे यूनिट की दर से बिजी देने का ऐलान भी किया है

उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ति के लिए बजट में नई प्रावधान किये गये है

टमाटर प्याज आलू किन्नू अमरूद मशरूम स्टोबरी अदरक गोभी मिर्च स्वीट कोर्न की प्रोसेसिंग के लिए इकाइयां स्थापित की जायेगी मुख्यमंत्री ने किन्नू अमरूद व आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को सोलह हजार रूपये से बढ़कार बीस हजार रूपये प्रति एकड़ करने का ऐलान भी किया है इसके अलावा राज्य भर में खाय सामग्री की पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री के लिए दो जार आध्रनिक बिक्री केन्द्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था भी संथपित की जायेगी

पूर्व उपलब्धियों को गिनाते हये वित्तमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पश् संजीवनी सेवा के माध्य से पश् स्वास्थ्य सेवायें पश् पालक के घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जायेगी राज्य की गऊशालाओं में बे सहारा पशुआकें के नियंत्रण व आश्रम के लिए बजट प्रावधान तीस करोड़ से बढ़ाकर पचास करोड कर दिया गया है ये राशि अब गोसवा आयोग की संस्तृति पर गऊशालाओं के वितीय सहायात रूप में दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मत्स्य पालन के तहत क्षेत्र के पचपन हजार एकड़ करने तथा मत्स्य उत्पादन दो लाख साठ हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि खारे पानी के मत्स्य फार्म् के तहत जल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दो बड़े पैलेट फीड़ मिल प्लाट और दस छोटे फीड प्लांट स्थापित किये जायेंगे और साथ ही प्रदेश में पहली बार ढाई सौ एकड़ क्षेत्र में कैड़ फिश और पिलापिया कल्चर का काम श्रू किया जायेगा

मुख्यमंत्री द्वारा वित्तमंत्री के तौर पर पेश किये गये पहले बजट को सता पक्ष के बेहतरीन बजट बताया है वहीं विपक्ष ने बजट की आलोचना की है